और राज्य के ऊचाई वाले इलाको में बर्फवारी जबकि अन्य हिस्सों में रूक रूक कर हो रही है बारिश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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री समीक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केरल गुजरात दिल्ली राजस्थान कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया

उन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया बैठक के दौरान श्री मोदी ने महामारी पर रोक लगाने के बेहतर प्रबंधन के लिए जांच तेज करने और लघु रोकथाम क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर फिर बल दिया गृहमंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में उपस्थित थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की प्रधानमंत्री कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा के लिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी बैठक की

पहली मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जायेगा

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड संक्रमण के बीच इन चिकित्सकों के मिलने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और भी अधिक सुदृढ़ होंगी मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है उन्होंने आशा व्यक्त की कि नये चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद सरकार को कोविड महामारी से निपटने में और भी अधिक मदद मिलेगी

गुर्दे या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर नहीं दी जा सकती जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में हैं उन्हें रेमडेसिविर लेने की जरूरत नहीं है

मौसम राज्य में कल से ही रूक रूक कर बारिश होने का सिलसिला आज भी चलता रहा और ऊचाई वाले इलाको में बर्फवारी हुयी बारिश से राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों में तापमान में कमी आयी है मौसम विभाग के अनुसार देहरादून टिहरी पौड़ी अल्मोड़ा नैनीताल और चम्पावत जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है

एम्स निदेशक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन उन्हें घबराहट होती है उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले कोवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमेडिसविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमेडिसविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है डॉ गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है

बीजेपी कंट्रोल रूम विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे